ऐसे में प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ंबिलासपुर जिले के खारसी और कन्दरौर में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दे सकते हैं जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर बौखलाहट में अनापशनाप बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय विकास और जनकल्याण को नजरअंदाज किया गया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षो में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है जो गरीबों और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं मुख्यमंत्री ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाने का लोगों से आग्रह किया नितिन गडकरी वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्ष के दौरान देश के हर क्षेत्र में विकास किया है किन्नौर जिला के सांगला में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही गरीबी हटाने के नाम पर केन्द्र में सत्ता में आती रही लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया नितिन गडकरी ने लोगों से मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मो को किन्नौर ज़िले से बहुमत दिलाने का आग्रह किया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर चुनावों में धन बल के प्रयोग का आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व देश की जनता से किए वायदों को पूरा नहीं किया है राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी प्रदेश की समस्याओं की तरफ ध्यान देने की सलाह दी है श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने का उद्देश्य प्रेर विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में श्रमिकों के त्याग के प्रति आभार व्यक्त करना है

इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यकम आयोजित किए गए ऊना जिला के मैहतपुर में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में श्रमिकों को भविष्य निधि काम के घंटे और ईएसआई के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मज़दूरों को श्रम दिवस की बधाई दी स्वीप चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं सोलन ज़िले में दून विधानसभा क्षेत्र के बनियारा और रामपुर मतदान केन्द्रों पर आज आयोजित कार्यक्रमों में मतदाताओं से मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई ऊना ज़िला के जलग्रां स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को चुनावी प्रकिया से अवगत करवाया गया वहीं उन्हें अपने परिजनों से लोकसभा चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित करने का आहवान भी किया गया इधर शिमला ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मंढोड़घाट कंडोला जमोग और घरियाणा में भी स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के ढली में भी विद्यार्थियों और अध्यापकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली की बारीकियों के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया उपायुक्त सोलन सोलन में आगामी चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों वृद्धों और कुष्ट रोगियों के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं

ऊना में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने धमांदरी स्कूल में बेच्चों को दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया

उन्होंने इस संबंध में लोगों को जागरूक करने पर भी बल दिया